चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी को कथित आचार संहिता उल्लंघन के मामले में क्लिन चिट दी

भाजपा कांग्रेस और अन्य पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है

प्रधानमंत्री की जनसभा से ठीक पहले पार्टी द्वारा आज एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जायेगी श्री मोदी तीन मई को बीकानेर में भी पार्टी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे उधर कल भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशी के लिये प्रचार करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का कल जयपुर के चौमूं में और तीन मई को भरतप्र में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करने का कार्यक्रम है कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर लोकसभा क्षेत्र में एक तथा अलवर में दो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट भी सीकर जिले के पाटन झुंझुनू के खेतड़ी तथा दौसा संसदीय क्षेत्र के महुआ में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे

आज जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में अधिक मतदान होने से भाजपा को नुकसान होगा श्री गहलोत ने भाजपा पर नौजवानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि देश में मोबाईल और इंटरनेट जैसी आधुनिक चीजें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नीतियों के कारण आये है

हमारे संवाददाता ने बताया कि भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है

ऐस में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिये आज शहर में सतरंगी सप्ताह के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने लोगो को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई

आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र के वर्धा में एक अप्रैल को हुई चुनावी रैली में श्री मोदी के भाषण में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ इस रैली में श्री मोदी ने वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा था श्री मोदी ने एक अप्रैल को वर्धा में दिये अपने भाषण में कहा था कि श्री गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं जहां बहुसंख्यक कम हैं पार्टी को बहुसंख्यक लोकसभा क्षेत्र से अल्पसंख्यक लोकसभा क्षेत्र की ओर भागना पड़ा कांग्रेस ने इस संबंध में चुनाव आयोग में शिकायत की थी

इससे पहले कल नामांकन पत्रों की जांच की गई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद क्मार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव प्रबंधन में पुलिस की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है जो बेहतर प्रशिक्षण से कारगर साबित होती है उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं और चुनाव प्रबधंन के बारे में जानकारी दी

इसे लेकर अदालत ने सरकार पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है कल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश एन एस ढड्ढा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिये उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा है कि वह एक महीने में अपना जवाब पेश करें

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है इस मौके पर श्रम आयुक्त नवीन जैन ने राज्य के सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानो के नियोजको से तथा सभी सार्वजनिक उपक्रमो के प्रबन्धकों से आज सवैतनिक अवकाश घोषित करने को कहा है राजसमंद के भीम में आज मजदूर किसान शक्ति संगठन की ओर से मेले का आयोजन किया जा रहा है मेले में मजदूरों के हक और हितों पर चर्चा की जा रही है मजदूर दिवस कामगारों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का विषय सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए श्रमिकों का एकीकरण है यह दिवस प्ररे विश्व में श्रमिकों के बलिदान और उनके द्वारा अपने अधिकारों को पाने के लिए किए गए संघर्षों को याद करने के लिए मनाया जाता है